मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि अन्य राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के श्रमिकों की जल्द वापसी के प्रयास किए जा रहे हैं वहीं राज्य सरकार ने दूसरे राज्यों मे फंसे प्रदेश के छात्रों को वापस लाने के प्रयास भी शुरू किए

नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक महिला माओवादी की मौत विस्फोट में दो जवान घायल

इन मजदूरों का रैपिड टेस्ट किया गया था स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया है कि इन संदिग्धों के नमूने की जांच रायपुर में की जाएगी आरटी पीसीआर जांच के बाद ही इन श्रमिकों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि होगी ये सभी श्रमिक प्रतापपुर क्षेत्र स्थित जजावल के राहत शिविर में रह रहे थे एक मजदूर के पॉजीटिव पाए जाने के बाद ही जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने शिविर में रहने वाले सभी मजदूरों के रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किया इनमें से संदिग्ध पाए गए नौ लोगों को आईसोलेशन में रखा गया है इन संदिग्धों में एक कांस्टेबल भी शामिल है जिला कलेक्टर दीपक सोनी ने बताया कि इस मामले के सामने आने के बाद जिले की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है वहीं कोरिया जिले की सीमा से लगे मध्यप्रदेश को शहडोल जिले में कोरोना पॉजीटिव मरीज मिलने के बाद कोरिया जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर कुआंरपुर माथमौर और कोइलरा गांव को पूरी तरह सील कर दिया है मिली जानकारी के अनुसार शहडोल को इस कोरोना पॉजीटिव मरीज ने जिस पिकअप वाहन में सवारी की थी उसमें कोरिया जिले के कुछ मजदूर भी बैठे हुए थे संपर्क में आए लोगों को क्वारेंटाइन कर दिया गया है

इन दोनों को सुकमा जिले के एर्राबोर पुलिस नाके से पकड़ा गया है मिली जानकारी के अनुसार संदिग्ध मरीज आंध्रप्रदेश से बस्तर आए हुए थे कोरोना के लक्षण पाए जाने पर इन्हें आईसोलेशन वार्ड में रखा गया था जहां से दोनों मरीज बीते पच्चीस अप्रैल की रात फरार हो गए थे हालांकि इन दोनों मरीजों की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है कोरोना श्रमिक वापसी सीमा प्रवेश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भरोसा दिलाया है कि लॉकडाउन के दौरान अन्य राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के श्रमिकों की जल्द वापसी के प्रयास किए जा रहे हैं मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस संबंध में शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी उन्होंने यह भी कहा कि अन्य राज्यों के जो श्रमिक छत्तीसगढ़ के रास्ते होकर अपने राज्यों के लिए जाएंगे उनके लिए यह प्रावधान किया गया है कि वे छत्तीसगढ़ की सीमा पर बनाए गए चेकपोस्ट पर अपना पंजीयन करा लें और वहीं पर उनके भोजन तथा रूकने की व्यवस्था की गई है राज्य सरकार ऐसे श्रमिकों को छत्तीसगढ़ की सीमा से उनके राज्य की सीमा तक पहुंचाने की व्यवस्था करेगी इस बीच मुख्य सचिव आरपी मंडल ने सभी जिला कलेक्टरों को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ आने वाले सभी व्यक्तियों और श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण सहित अन्य जरूरी व्यवस्था सुनिश्चित करने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं मुख्य सचिव ने जिला कलेक्टरों को घर वापसी के इच्छक प्रवासी श्रमिकों की संख्या और उनके बारे में जिलेवार सभी जानकारी एकत्र करने को कहा है वहीं कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने एक अहम निर्णय लिया है इसके अनुसार अब छत्तीसगढ़ की सीमा में प्रवेश करने से पहले सीमा में बनाए गए चेकपोस्ट पर श्रमिकों सहित हर उस व्यक्ति को अपनी पूरी जानकारी और यात्रा विवरण देना होगा यदि कोई व्यक्ति बिना जानकारी दिए प्रवेश करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी चेकपोस्ट में प्रारंभिक स्वास्थ्य जांच कराने के बाद ही लोगों को छत्तीसगढ़ की सीमा में आने की अनुमति दी जाएगी कोरोना छात्र वापसी आवेदन राजस्थान के कोटा में फंसे प्रदेश के छात्रों को छत्तीसगढ़ वापस लाने के बाद अब दूसरे राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के छात्रों को लाने के प्रयास भी शुरू कर दिए गए हैं इसके लिए सभी जिलों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है इस बीच कोटा से लौटे जिन चार सौ तिहत्तर विद्यार्थियों को दूर्ग में क्वारेंटाइन किया गया है रैपिड टेस्ट में इन बच्चों की रिपोर्ट निगेटिव आई है सिविल सर्जन डॉक्टर पूनीत बालकिशोर ने बताया कि इन बच्चों के साथ लौटे सेवानिवृत्त चौदह सैनिकों की रिपोर्ट भी निगेटिव आई है कोरोना आवागमन पास प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए जिले के भीतर अंतजिला और अंतर्राज्यीय पास जारी करने के बारे में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना आवागमन पास जारी नहीं करने के निर्देश दिए हैं साथ ही उन्होंने सभी चेक प्वाइंट और बैरियर पर जारी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को भी कहा है जारी आदेश के अनुसार राज्य में जिले के भीतर और अंतर्जिला से आपातकालीन स्थिति में आवागमन के लिए आवदेक के निवास स्थान के जिला दण्डाधिकारी कार्यालय से ही अनुमति पत्र जारी किए जाएंगे वहीं अन्य राज्यों से आवागमन की अनुमति केवल गृह विभाग द्वारा दी जाएगी इसके बाद ही जिला दण्डाधिकारी कार्यालय द्वारा पास जारी किया जाएगा पास के लिए आवेदकों को पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड जमा करना अनिवार्य होगा साथ ही आवागमन के उद्देश्य की पुष्टि के लिए आवश्यक दस्तावेज भी देने होंगे कोरोना जिला लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम के साथ ही जरूरतमंद लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के सभी जिलों में अनेक कदम उठाए जा रहे हैं राजनांदगांव में पान मसाला और जर्दा जैसी प्रतिबंधित नशीली चीजों की बिक्री किए जाने का खुलासा हुआ है जिला प्रशासन ने शहर में एक ट्रेडर के यहां छापा मारकर चार बोरी से अधिक पान मसाला जब्त कर व्यापारी पर जुर्माना लगाया है वहीं कोंडागांव में जिला प्रशासन ने लॉकडाउन के दौरान केवल आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को प्रतिदिन निर्धारित समय तक खोलने की अनुमति दी है जबकि अन्य दुकानें सप्ताह में दो दिन खोली जाएंगी इसके लिए अलग अलग दुकानों के लिए अलग अलग दिन तय किए गए हैं नागपुर में काम बंद होने के बाद पैदल ही कोलकाता जाने के लिए निकले मजदूरों के लिए महासमुंद जिले के बसना सरायपाली स्थित राहत शिविर में भोजन और स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था की गई है इधर दुर्ग में जिला प्रशासन ने रेस्टॉरेंट से होम डिलीवरी प्लेटफॉर्म के माध्यम से रात नौ बजे तक खाना मंगाने की अनुमति दी है उधर सरगुजा जिले के बिशुनपुर सामुदायिक भवन स्थित राहत शिविर में श्रमिकों के खान पान के साथ ही मनोरंजन की व्यवस्था भी की गई है यहां श्रमिकों के बच्चों के लिए पढ़ाई जारी रखने और खेलने की सुविधा भी है वहीं इस केन्द्र में आज से योग शिविर का भी शुभारंभ किया गया सरगुजा संभाग में कोरोना पॉजीटिव और अन्य संदिग्ध मरीज मिलने के बाद सूरजपुर जिले में अंबिकापुर के पड़ोसी राज्य झारखंड से आवागमन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है वहीं आज धमतरी में एक मॉकड्रिल कर कोरोना संक्रमण से निपटने की तैयारियों का आंकलन किया गया

इस दौरान माओवादियों द्वारा किए गए विस्फोट में दो जवान घायल हुए हैं जिले के पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग ने बताया कि छोटेडॉगर थाना क्षेत्र के करियामेटा और कड़ेनार के बीच में माओवादियों ने सड़क पर आईईडी बिछा रखा था जिसकी चपेट में आने से दो जवान घायल हो गए छत्तीसगढ़ सशस्त्र पुलिस बल के जवान बालकुमार बघेल और डीआरजी के जवान राजकुमार सोनी को प्राथमिक उपचार के बाद हेलीकॉप्टर से रायपुर लाया गया है इनकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है वहीं विस्फोट के बाद एंबुल लगाकर बैठे बस्तर डिवीजन स्मॉल एक्शन टीम के माओवादियों ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी सुरक्षा बलों द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में एक महिला माओवादी मारी गई इस माओवादी की पहचान पूर्व बस्तर डिवीजन सप्लाई टीम कमांडर रनाय के रूप में हुई है जो वर्ष दो हजार सात से माओवादी गतिविधियों में संलग्न थी सर्चिंग के बाद घटनास्थल से महिला माओवादी के शव के अलावा एसएलआर राइफल बारह बोर की एक बंद्क वॉकी टॉकी सेट और माओवादी साहित्य बरामद किया गया है वहीं सुकमा जिले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ और जिला पुलिस बल की संयुक्त टीम ने दो माओवादियों को गिरफ्तार किया है सीआरपीएफ कमांडेंट प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि इन पर पोलमपल्ली थाना क्षेत्र में कई माओवादी गतिविधियों में शामिल रहने का आरोप है

इसके तहत बिलासपुर जिले में लोगों से सीधे संपर्क में आने वाले पुलिसकर्मियों की जांच पहले की जा रही है बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक दीपांशु काबरा और पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने बिलासागुड़ी में पुलिसकर्मियों के कोरोना जांच और स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ किया इसी तरह राजनांदगांव के पुराना जिला अस्पताल में भी पुलिसकर्मियों का रैपिड टेस्ट किया जा रहा है जांच के दौरान मास्क लगाकर आए पुलिसकर्मियों ने सामाजिक दूरी के नियमों का भी पालन किया मनरेगा लॉकडाउन के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत रोजगार देने में छत्तीसगढ़ देश में शीर्ष स्थान पर है इस समय देश में मनरेगा के तहत काम कर रहे कुल मजदूरों में से चौबीस फीसदी अकेले छत्तीसगढ़ में है केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार मनरेगा कार्यों में अभी पूरे देश में सतहत्तर लाख पचासी हजार से अधिक मजदूर कार्य कर रहे हैं इनमें से साढे अट्ठारह लाख श्रमिक अकेले छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं केन्द्र मनरेगा योजना पूर्णबंदी के दौरान ग्रामीणों को उनके गांवों में ही रोजगार उपलब्ध कराने में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा काफी मददगार साबित हो रही है नारायणपुर जिले के मलेचुर गांव की सिओ बाई ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से उनके सामने आर्थिक दिक्कत थी लेकिन मनरेगा के तहत उन्हें अब गांव में ही रोजगार मिल रहा है

इसके पहले पंजीयन कार्यालय को अट्ठाईस अप्रैल तक बंद रखने का आदेश दिया गया था लेकिन अब इसे बढ़ाकर तीन मई कर दिया गया है वहीं राज्य सरकार ने सभी मदिरा दुकानें और राज्य वेबरेजेस कॉर्पोरेशन के रायपुर बिलासपुर में स्थित गोदामों और जिलों में शराब भंडार गृहों को भी आगामी तीन मई तक बंद करने का निर्णय लिया है

मुख्यमंत्री उद्योग मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि लॉकडाउन की वजह से छत्तीसगढ़ के उद्योगों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए हरसंभव सहायता दी जाएगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये फिक्की के पदाधिकारियों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में औद्योगिक संस्थाओं को कच्चे माल की आपूर्ति से लेकर उत्पादन और विक्रय की व्यवस्था के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे वहीं मुख्यमंत्री ने राज्य में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संबंध में उद्योग विभाग के प्रस्तावित कार्ययोजना को भी सैद्वांतिक सहमति दे दी है उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव मनोज पिंगुआ ने बताया कि कोरोना संक्रमण के बाद चीन से बाहर निकलने के इच्छुक विदेशी औद्योगिक संस्थानों को छत्तीसगढ़ में आमंत्रित करने के अवसर बने हैं

इससे करीब ग्यारह करोड़ बच्चों को लाभ होगा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 वहीं केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने राज्यों से बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं की मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू करने की अपील की है उन्होंने राज्यों से यह भी कहा कि वे अपने अपने राज्यों में विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को सुविधाएं प्रदान करें कोरोना लोक कलाकार अनाज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के लोक कलाकारों के लिए डोनेशन ऑन व्हील्स अभियान के तहत राशन के एक हजार पैकेट भेंट किए आज सुबह रायपुर स्थित अपने निवास से उन्होंने कुछ लोक कलाकारों को अपने हाथों ये राशन पैकेट भेंट किए इस मौके पर कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे भी उपस्थित थे कोरोना स्वस्थ मरीज कटघोरा हॉट स्पॉट घोषित कोरबा जिले के कटघोरा क्षेत्र में कोरोना पॉजीटिव पाए गए एक मरीज जो एम्स रायपुर में इलाज के बाद अब स्वस्थ होकर घर लौट गए हैं ने बताया कि एम्स में उनका इलाज बहुत अच्छे तरीके से किया गया उन्होंने आम लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ ही शासन के दिशा निर्देशों को मानने की अपील की है संक्षिप्त समाचार वर्ल्ड बैंक ने छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा कोरोना संक्रमण से रोकथाम के लिए टेक होम राशन वितरण कार्य की सराहना की है

द्र्ग के नेहरू नगर चौक में आज दोपहर ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई वहीं जगदलपुर के नगरनार थाना क्षेत्र में भी ट्रक की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई